केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जन धन योजना के तहत खोले गये बैंक खातों में देश में जमा राशि एक लाख करोड़ रूपये को पार कर गयी है

लाभार्थियों के खाते में जमा राशि लगातार बढ़ रही है इन खातों का उद्देश्य देश के उन लोगों को बैंक सुविधायें देना है जो इससे वंचित थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला गया खाता मूल बचत बैंक जमा खाता है इसके साथ रूपे डेबिट कार्ड और ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जातो है इस खाते में न्यूनतम धनराशि रखने की जरूरत नहीं होती है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के विकास के लिए ठोस मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि इस मॉडल में कृषि पर्यटन शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा निर्यात सहित अन्य बिन्दुओं पर बल दिया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में विकास और रोजगार की अपार संभावनाएं है

उन्होंने कहा कि बोर्ड पूर्वांचल के शिक्षाविदों के साथ बैठकर शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विचार विमर्श कर कार्य योजना प्रस्तुत करें

पहला मामला फतेहपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अभय सिंह और अन्य तथा दूसरा मामला देवरिया के जिलाधीश विवेक के नाम दर्ज है

वे फतेहपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं देवरिया के तत्कालीन जिलाधिकारी देवीशरण उपाध्याय के ठिकाने से करीब दस लाख रूपये की नकदी मिली है छापेमारी आज सवेरे शुरू हुई थी

इससे पहले सीबोआई ने जनवरी माह में आईएएस अधिकारी और हमीरपुर जनपद की जिलाधिकारी रही सुश्री चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी की थी केन्द्र सरकार किसानों को खेती के लिए सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक फैक्टरियों को काफी रियायतें दे रही है

इस अवसर पर रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसूख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत सात लाख करोड़ रूपये लाभार्थियों को वितरित किये हैं

उसमें से सरकार को एक लाख करोड़ की बचत हुई जो लाभार्थी नहीं थे उसके जेब में चले जाते थे

प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास कर रही है और इस कड़ी में हाल ही में किये गये प्रयासों के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं कल विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिह ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाने गर्भ निरोधक गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जागरुकता अभियान चलाने और इसमें धर्मगुरुओं की मदद लेने के साथ ही सास बहू सम्मेलन भी करवाये जा रहे हैं जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाता है

कल विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुंदेलखंड के सातों जनपदों झांसी ललितपुर जालौन चित्रकूट बांदा महोबा और हमीरपुर में पाईप के माध्यम से पेयजल और सिंचाई के लिए संबंधित योजनाओं की दिशा में शीघ्र काम शुरू हो जायेगा

मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से हर तीन महीने में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की बैठक आयोजित कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हुए लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के गौशाला निर्माण के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए सरकार प्रति गौवंश हर माह नौ सौ रूपये की धनराशि किसानों के खाते में भेजेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जायेगी इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए दो आवासीय विद्यालय भी स्थापित किये जायेंगे मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान तेज वर्षा हाने की चेतावनी जारी की है राज्य में पिछले तीन दिनों से पहले ही भारी वर्षा हो रही है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मॉनसून की मौजूदा बारिश किसानों के लिए सोना बनकर आई है

कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा पिछले चौबीस घंटों में सबसे जयादा बारिश कानपुर में रिकॉर्ड की गयी इसके साथ ही मेरठ कन्नौज मैनपुरी प्रयागराज बस्ती सिद्धार्थनगर गोरखपुर और खुशीनगर जैसे शहरों में पिछले अडतालीस घंटों से लगातार बारिश हो रही है लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शनिवार तक भारी वर्षा तथा श्रकवार तक कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में श्कवार तक कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जतायी है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर परामर्श कराने का अनुरोध किया है

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में एक कार्यशाला में यह बात कही